प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए शुरू की गई चरण पादुका वितरण योजना बंद की गई

माघ पूर्णिमा के मौके पर कल से राजिम के त्रिवेणी संगम पर शुरू होगा माधी पुन्नी मेला वहीं आज से शुरू हुआ शिवरीनारायण महोत्सव विधानसभा बहिर्गमन राज्य सरकार ने मार्च से बिजली बिल को आधा करने का फैसला लिया है अप्रैल माह से इसका लाभ लोगों को मिलेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में बताया कि चार सौ यूनिट तक का बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा इसका लाभ करीब छियालीस लाख गरीब परिवारों सहित अन्य उपभोक्ताओं को भी मिलेगा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने यह मामला उठाते हुए जानना चाहा कि प्रदेश में बिजली बिल को आधा करने को लेकर सरकार की क्या योजना है और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा चर्चा के दौरान एक प्रक प्रश्न में श्री कौशिक ने कहा कि चार सौ यूनिट की बाध्यता रखना आम लोगों के साथ धोखा है उन्होंने इस बाध्यता को हटाने की मांग की इसके अलावा श्री कौशिक ने किसानों के सिंचाई पंप के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने की मांग रखी विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल आधा करने की बात कही थी और अब इसे चार सौ यूनिट के दायरे में बांधा जा रहा है इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर किसानों को छलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया चरण पाद्का राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई चरण पादुका वितरण योजना बंद कर दी है आज विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह जानकारी दी भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर के एक सवाल के जवाब में वन मंत्री ने बताया कि राज्य शासन ने इस साल से तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरण नहीं करने का फैसला लिया है हालांकि चरण पादुका के बदले संग्राहकों को नकद राशि दिए जाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है फसल नुकसान मुआवजा राज्य सरकार ने पिछले दिनों कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति को गंभीरता से लिया है शासन ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसल को हुए नुकसान के बारे में जानकारी मांगी है राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम जाकर नुकसान का आंकलन करें तैंतीस प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने की स्थिति में किसानों को नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए पुलवामा हमला बंद पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध में आज प्रदेश में कारोबारियों ने अपना व्यापार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आव्हान पर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दोपहर एक बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे प्रदेश के सभी व्यापारिक संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया था दवा पेट्रोल पम्प दूध जैसी आपातकालीन सेवाओं को बंद से अलग रखा गया था वहीं स्कूल कॉलेज भी रोजाना की तरह खूले रहे राजधानी रायपुर में सुबह से ही बंद का असर देखा गया और ज्यादातर दुकानों के ताले दोपहर एक बजे तक नहीं खुले छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज रायपुर के घड़ी चौक पर श्रद्दाजलि सभा आयोजित कर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए

दुर्ग में व्यापारियों ने रैली निकालकर शहीदों को श्रद्वांजलि दी मुणत अग्रिम जमानत अंतागढ टेपकांड मामले में रायपुर जिला सत्र न्यायालय ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है श्री मूणत ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में अर्जी लगाई थी मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक कमार के न्यायालय में हई दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत दिए जाने की असामान्य स्थिति अर्भी नहीं दिखती प्रकरण विचाराधीन है और विवेचना जारी है गौरतलब है कि कांगेस नेता किरणमयी नायक ने हाल ही में रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि वर्ष दो हजार चौदह के अंतागढ़ उप चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को भाजपा की ओर से राजेश मूणत और डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने आर्थिक प्रलोभन दिया था

इनमें नौ मुख्य चिकित्सा अधिकारी और बीस स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं जारी आदेश के अनुसार केआर सोनवानी रायपुर के नये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बनाए गए हैं अब तक यह प्रभार संभाल रहे के एस शांडिल्य को स्वास्थ्य संचालनालय में प्रभारी उप संचालक बनाया गया है वहीं विजय कुमार अग्रवाल जांजगीर के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे इसके अलावा रामेश्वर शर्मा को कोरिया का और पूरण सिंह सिसोदिया को अंबिकापूर का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है

सांसद रमेश बैस ने आज यह तिरंगा फहराया इस मौके पर रेलवे पुलिस के जवानों ने तिरंगे को सलामी दी कार्यक्रम में रेलमंडल प्रबंधक कौशल किशोर और अन्य कर्मचारी मौजूद थे रायपुर स्टेशन में लगे तिरंगे की रेलवे पुलिस सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेगी गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने देश के व्यस्ततम पचहत्तर स्टेशनों में सौ फीट ऊंचा तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है जिनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर स्टेशनों को भी शामिल किया गया है बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जा चुका है

अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी और उनके अभिभावक इस हेल्पलाइन नंबर पर सुबह साढ़े दस से शाम पांच बजे तक फोन कर सकते हैं यह नंबर है एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन चार तीन छह तीन इस हेल्पलाइन नंबर पर बोर्ड द्वारा नियुक्त मनोवैज्ञानिक और करिअर काउंसलर सवालों का जवाब देंगे गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं की परीक्षा एक से तेईस मार्च तक और बारहवीं की दो से उनतीस मार्च तक चलेंगी

यह माओवादी कटेकल्याण एरिया कमेटी में काफी लंबे समय से सक्रिय था पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस पर मैलावाड़ा विस्फोट की घटना में शामिल होने और सड़क काटने जैसे कई मामले दर्ज हैं इधर कांकेर जिले में माओवादियों ने आज सुबह सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के पनीडोबीर गांव में इस समय सड़क निर्माण कार्य चल रहा है आज सुबह कृछ माओवादी वहां पहंचे और जेसीबी मशीन में आग लगा दी साथ ही चालक का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए घटना के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त तेज कर दी है माघी पुन्नी मेला माघ पूर्णिमा के मौके पर कल से राजिम के त्रिवेणी संगम पर माधी पुन्नी मेला शुरू होगा इस मेले का शभारंभ कल शाम सात बजे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंहत और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साह की उपस्थिति में होगा कार्यक्रम में अनेक कैबिनेट मंत्रियों के अलावा आचार्य महामंडलेश्वर अग्नि पीठाधीश्वर रामक ष्णानंद भी मौजूद रहेंगे इससे पहले सुबह चार बजे त्रिवेणी संगम पर पुन्नी स्नान होगा वहीं शाम को सांस्कृ तिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति होगी मेले में संत समागम छब्बीस फरवरी से चार मार्च तक आयोजित किया जाएगा माधी पुन्नी मेले में देशभर के प्रमुख आश्रमों और अखाड़ों से साधु संतों का आगमन होगा उनके ठहरने के लिए मेला स्थल पर कुटीरों का निर्माण किया गया है मेले में इस बार पॉलिथीन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है इसके लिए जन जागरण अभियान के माध्यम से संदेश भी दिया जाएगा प्रशासन के निर्देश के अनुसार पंद्रह दिनों तक चलने वाले माधी पुन्नी मेले में पर्यावरण सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा वहीं जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में आज से पून्नी महोत्सव शुरू हुआ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसका उद्घाटन किया सात दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के तहत कल त्रिवेणी संगम में माघी स्नान होगा माघी पूर्णिमा पर रायपूर सहित दूसरे जिलों में भी कल मेला लगाया जाएगा राजधानी के खारून नदी के तट पर महादेवघाट में आयोजित होने वाले पुन्नी मेले के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं सिरपुर में कल एकदिवसीय पश् मेला और प्रदर्शनी लगाई जाएगी पश् चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर धरमदास झारिया ने बताया कि प्रदर्शनी में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी विजेता पशुपालक किसानों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे बैडमिंटन हैंडबॉल चौंसठवीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता बीस से चौबीस फरवरी तक बेंगलूरू में खेली जाएगी इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की पुरूष और महिला टीमें भी भाग लेंगी वहीं इकतालीसवीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता भी बीस फरवरी से मणिपुर के इंफाल में शुरू होगी इस प्रतियोगिता में सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय हैंडबॉल अकादमी की जूनियर बालक वर्ग की टीम हिस्सा लेगी